प्रधानमंत्री आज डूंगरपुर और कोटा में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पुष्कर से अपने प्रचार अभियान की शुरूआत की उनका पोकरण जालोर और जोधपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है

बीकानेर में इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं आंगनबाड़ी सहायिकाओं और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने समारोह मे हिस्सा लिया

करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है जहां से डेरा बाबा नानक की दूरी चार किलोमीटर है

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अपराधी सुरेश नायर की गिरफ्तारी पर दो लाख रुपये का ईनाम घोषित किया था नायर ने विर्स्फोट के लिए बम मुहैया कराया था और घटना के समय वहीं मौजूद था

इस अवसर पर देशभर मे कई श्रद्वांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है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 नौसेना प्रमुख सुनील लाम्बा ने कहा है कि मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत बेहतर ढंग से तैयार और संगठित है समाचार एजेंसी पीटीआई को दिये इंटरव्यू में नौसेना प्रमुख ने कहा कि नौसेना अब बहुआयामी बल बन गई है और समुद्र में भारत की सुरक्षा मजबूत हो गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के उपराष्ट्रपति माइस पेंस के बीच सिंगापुर में हुई मुलाकात के एक पखवाड़े से भी कम समय के बाद अमरीका ने यह कदम उठाया है ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था

टीम में सलामी बल्लेबाज स्मृति मन्धाना और लेग स्पिनर पूनम यादव को भी जगह दी गई है